उन्होंने कहा कि विभागों के निर्धारण में समय लगता है और हमारी पार्टी सबसे चर्चा करके सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है श्री मिश्रा ने बताया कि वैसे भी विभागों का वितरण मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है और वे अपने विवेक से निर्णय करेंगे उन्होंने इस संबंध में विपक्ष द्वारा की जा रही टीका टिप्पणी को निराधार बताया सावन सोमवार सावन के पहले सोमवार को आज सभी षिव मंदिरों में विषेष साज सज्जा के साथ ही षिव अभिषेक और अन्य धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं कोरोना संक्रमण को देखते हुए कम लोग ही इसमें षामिल हो रहे हैं

उज्जैन के ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के दर्शन के लिए श्रद्धाल् सुबह चार बजे से ही एकत्र होने लगे थे उज्जैन में सावन सोमवार को महाकाल की सवारी निकाली जाती है इस बार कोरोना संक्रमण के चलते सवारी के मार्ग में परिवर्तन किया गया है महाकाल की सवारी शाम चार बजे निकलेगी जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर पहुंचकर संपन्न होगी सतना जिले के बिरसिंहपुर स्थित गैवीनाथ धाम जगतदेव तालाब पशुपतिनाथ एवं परसमनिया के कर्दमेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्वालु पहुंच रहे है श्रावण मास के पहले सोमवार को आज बड़ी संख्या में खण्डवा जिले के ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए खासा उत्साह है हालाँकि कोरोना संक्रमण के चलते केवल पहले से बुकिंग वाले श्रद्वालुओं को ही दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है श्रावण मास के दौरान नर्मदा स्नान और कावड़ यात्रा पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा

राजधानी भोपाल के गुफा मंदिर नेवरी मंदिर और लक्ष्मीनारायण मंदिर में शिवभक्त दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं वहीं राजधानी के समीप रायसेन जिले के भोजपुर मंदिर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से श्रद्धाल पहंच रहे हैं आगर मालवा के प्रसिद्ध वैद्यनाथ शिव मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सुबह से ही श्रद्वालुओं का तांता लगा हुआ है प्रदेश के होशंगाबाद ग्वालियर जबलपुर रीवा और टीकमगढ़ सहित कई जिलों के शिव मंदिरों में विशेष प्रजा अर्चना और अभिषेक किये जाने के समाचार मिल रहे हैं

इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रहेगीं वहीं धार जिले में आज दो और कोरोना मरीज स्वस्थ होने के बाद घर लौट चुके हैं

श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि देश की प्रगति में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अनुकरणीय योगदान रहा है उन्होंने देश की एकता सुदृढ़ करने का अनवरत प्रयास किया प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके विचारों और आदर्शो से करोड़ों दर्दशवासियों को प्रेरणा मिली मौसम प्रदेश में बारिश का दौर जारी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान रीवा सागर शहडोल जबलपुर इंदौर उज्जैन भोपाल और होशंगाबाद संभागों में अनेक स्थानों पर बारिश हुई

मौसम विभाग ने अगले चौबीस घण्टों में रीवा सागर शहडोल जबलपुर इंदौर उज्जैन भोपाल और होशंगाबाद संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है